प्रदेश में दिन और रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी उत्तरी जिलों में शीतलहर की संभावना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

गृह विभाग ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को इस बारे में परामर्श जारी कर दिया है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के तेजी से फैल रहे संक्रमण के मद्देनजर लोगों से बड़ी संख्या में एक जगह एकत्र नहीं होने की अपील की है

इसी के तहत आकाशवाणी के माध्यम से पूर्व अन्तरराष्ट्रीय एथलीट गोपाल सैनी ने लोगों से एतिहायाती उपाय बरतने की अपील की है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

लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने की अपील की गई वहीं विभिन्न विद्यालयों की टीमों के माध्यम से जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए एनसीसी एनएसएस स्काउट गाइड एसपीसी के कैडट्स द्वारा प्रभात फेरी के माध्यम से जागरूकता अभियान का प्रचार प्रसार किया गया

भाजपा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने कल अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदाता सूची का प्रकाशन विभाग की वेबसाइट पर कर दिया गया है

बैठक में टीका विकसित करने में हो रही प्रगति विनियामक मंजूरी और इसकी खरीद से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई श्री मोदी ने जनसंख्या समूहों के प्राथमिकता तय करने स्वास्थ्य सेवा कर्मियों तक पहंचने शीतगृह आधारभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी तथा टीकाकरण आरंभ करने के लिए टीका लगाने वालों और तकनीकी व्यवस्था जैसे विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के आठवें दीक्षांत समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भाग लेंगे

प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं

पूरे क्षेत्र में अब सर्दी से जनजीवन प्रभावित होने लगा है